प्रधानमंत्री पहले माले में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे वे आज मालदीव की संसद को भी संबोधित करेंगे यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतो पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह तटवर्ती रडार सिस्टम लॉच करेंगे इसके साथ ही दोनो नेता मालदीव की सेना के लिये नवगठित प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना का भी शुभारम्भ करेंगे ये दोनो परियोजनाएं भारत के आर्थिक सहयोग और विशेषज्ञता से पूरी की गई है प्रधानमंत्री कल श्रीलंका की राजधानी कोलंबों पहंचेंगे

पोर्टल के अनुसार पिछले कई वर्षो से वित्त मंत्रालय बजट के बारे में नागरिकों से सुझाव मांग रहा है बजट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिये समाज के सभी वर्गो के नागरिकों के सुझावों का स्वागत किया गया है

पहले यह अवधि केवल एक दिन थी आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को एक निर्धारित समयसीमा के तहत स्वतंत्र ऋण मुल्यांकन करना तथा उसके समाधान के लिए पूरी छट दी जाएगी समाधान योजना में विलंब या दिवालिया कार्रवाई आरंभ करने के लिये दंडात्मक कार्रवाई किये जाने के लिये आरबीआई ने बैंको को मंजूरी दे दी है ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिये गये हैं

तेल कंपनियों द्वारा केन्द्र सरकार के निर्देश के बाद ये कदम उठाया गया है

उन्होंने बताया कि पैट्रॉल में इथेनॉल मिलाने का दोहरा फायदा है इससे पैट्रॉल की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही वाहन के इंजन की क्षमता बढ़ेगी साथ ही प्रद्षण कम होने से पर्योवरण को भी इससे कम नुकसान होगा

गन्ने से उत्पादित इथेनॉल के पैट्रॉल में मिलाने से आयात पर होने वाला व्यय कम होगा जिससे निवेश पर भी असर पड़ेगा

यहां श्री मेघवाल का बीकानेर रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया

उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब हमें निर्यातको के लिए सब्सिडी से दुर हटते हुए सस्ते ऋण की सरल उपलब्धता पर ध्यान देना चाहिये पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में निर्यातक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ निर्यात ऋण से जुडे मुददों पर हुई बैठक में अपने विचार रखे

बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि सोमवार से बोर्ड में सप्ताह में पांच दिन ही कार्य होगा अब शनिवार और रविवार को स्थाई रूप से अवकाश रहेगा

बोर्ड कार्मिकों द्वारा लम्बे समय से पांच दिन के सप्ताह की मांग की जा रही थी जिसे शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरा कर दिया है

इसी कम में नागौर जिले के लाडनूं के सुनारी में राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक की ओर से वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ने शिविर में बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और केडिट कार्ड के बारे में जानकारी दी और इंटरनेट तथा मोबाइल बैंकिंग से राशि भेजने की सुविधा के बारे में भी बताया बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ने किसानों को फसल बीमा ऋण भुगतान की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी

नागौर में भी गर्मी के तेवर तेज रहे धूप और गर्म हवाओं के कारण लू की स्थिति बनी रही वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून के आज केरल पहुंचने की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी तट के साथ समुद्र में एक हल्के गर्त का निर्माण हुआ है जिसके वहां बने रहने की संभावना है और इन अनुकूल परिस्थितियों के मददेनजर दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल पहुंचने की संभावना है मौसम विभाग ने बताया कि इसके अलावा पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में मानसून के पहचने के अनुकूल परिस्थितियां बनने की उम्मीद है

ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक परिवार कुल्लू मनाली घूमकर वापस घर लौट रहा था